कई टवीट के माध्यम से श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हरसंभव उपाय किये जायेंगे

उन्होंने जोर दिया कि सभी को स्वस्थ रखने और संक्रमण के लक्षणों वाले लोगों को उचित इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सभी की ओर से किया जाने वाला सम्मिलित प्रयास है जो इस तरह की परिस्थितियों में राष्ट्र की मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाता है उन्होंने कहा कि गैर जरूरी यात्राओं को टालने और सामूहिक कार्यक्रमों को कम से कम करने जैसे प्रयास किये जाने चाहिए

बैठक में श्री सिंह द्वारा अगले दो सप्ताह तक विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए उन्होंने कहा कि इस अवधि में सभी नागरिकों के मेले समारोहों और भीड़ वाले स्थानों का भ्रमण करने से बचना चाहिए

उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे

उन्होंने कहा कि इससे घबराये नहीं सावधानी बरते राज्यपाल ने कहा कि जुकाम खांसी की स्थिति में तत्काल राजकीय चिकित्सालय को सूचित करें श्री मिश्र ने कहा कि ऐसे प्रयास किए जाए कि एक स्थान पर अधिक भीड न हो

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जेल महानिदेशकों और मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किए

यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा

रिटर्निंग आफिसर प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि कांग्रेस के के सी वेण्गोपाल और नीरज डांगी की ओर से चार चार तथा भारतीय जनता पार्टी के राजेन्द्र गहलोत के तीन और आंकार सिंह की ओर से दो नामांकन दाखिल किए गए जो सही पाए गए

श्री गहलोत ने जोधपुर जिले में शेरगढ के पास शनिवार को हुए सड़क हादसे के दिवंगतों को श्रद्वांजलि दी

आज ही इनके परिणाम घोषित कर दिए गए

इस अवसर पर आज सुबह से ही शीतला माता के मंदिरों में श्रद्वालूओं की भीड रही